मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर चौरीचौरा शताब्दी वर्ष को समर्पित डाक टिकट भी जारी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर वीडियो कान्फ्रॅसिंग माध्यम से गोरखपुर में चौरीचौरा शताद्दी महोत्सव के मुख्य आयोजन सहित पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम के सम्बंध में तैयारियों की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने कहा कि चौरीचौरा शताब्दी महोत्सव को प्रदेशभर में भव्यता के साथ मनाया जाये उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में शहीद स्मारको पर पूरे वर्ष शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनसे सम्बंधित घटनाओं को चिन्हित करते हुए कार्यक्रम संचालित किए जायें मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अक्सर पर शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी सम्मानित किया जाये

आकाशवाणी के लखनऊ संवाददाता ने खबर दी है कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को इसकी प्रेरणा न्यूयॉर्क मेट्रो से मिली इन किरणों से एक डिब्बे को सिर्फ आघे घंटे के अंदर सेनीटाइज किया जा सकता है इस तरह से डिब्बों को सेनिटाइज करना काफी सस्ता भी है

इसके बाद अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्दाओं का टीकाकरण आरंभ होगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल देशभर में सबसे अधिक टीके उत्तर प्रदेश में लगाये गये

राज्य सरकार ने सप्ताह में दो दिन गुरुवार और शुक्रवार को टीकाकरण के लिए तय किया है और पिछले दो दिनों में दो लाख क्ष हजार से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांवी को उनकी तिहत्तरवीं पृण्यतिथि पर श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है आज ही के दिन उन्नीस सौ अड़तालिस में महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्वांजलि अर्पित की महात्मा गांधी की पृण्यतिथि पर वे आज सुबह राजघाट गये और राष्ट्रपिता को श्रद्वा सुमन अर्पित किये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक टवीट संदेश में कहा है कि बाप के आदर्श आज भी करोडों लोगों को प्रेरणा देते हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड ने अपने संदेश में कहा है कि गांधी जी ने शांति अहिंसा और आत्म बलिदान की अलख जगायी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हजरतगंज स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्वा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गांधी जी की शिक्षायें एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

इसे आकाशवाणी और द्रदर्शन के सभी नेटवर्क पर और एआईआर न्यज की वेबसाइट डब्ल डब्ल डब्ल न्यज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप पर भी प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम को आकाशवाणी दरदरोन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा

मुरादाबाद के वरिष्ठ पूलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने आकाशवाणी को बताया कि यह द्र्घटना आज सुबह आठ बजे के आसपास उस समय हई जब एक मिनी बस एक वाहन से आगे निकलने की कोशिश में टैंकर से जा टकराई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को दो दो लाख रूपए और घायलों को पचास पचास हजार रूपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है